राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश शहीदों और उनके परिवार के प्रति हमेंशा कृतज्ञ रहेगा उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि करगिल विजय दिवस देश की सशस्त्र सेनाओं के निर्भिक संकल्प और असाधारण शौर्य का प्रतिक है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्र भारतीय सशस्त्र सेनाओं के शौर्य और देशभक्ति तथा मातभूमि की समप्रभुता की रक्षा में उनके बलिदान के प्रति सदैव आभारी रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देशवासियों से मन की बात कार्यक्रम में चर्चा करते हुए करगिल युद्ध के वीर सैनिकों का स्मरण किया

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा कि देश के बहादुर सैनिकों ने आपरेशन विजय के अंतर्गत अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी देश के अमर शहीदों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया श्री चौहान ने एक ट्वीट में कहा कि करगिल विजय दिवस देश के जांबाज सपूतों के साहस पराकम और बलिदान का प्रतिफल है इस मौके पर मंदसौर जिले के गुर्जर बरडिया गांव के निवासी रिटायर्ड सैनिक दसरथ सिंह गुर्जर ने करगिल की लड़ाई के दिनों को याद किया

लॉकडाउन की निगरानी के लिये शहर में ढाई हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किये गये हैं पुलिस जगह जगह बेरिकेट्स लगाकर यातायात को नियंत्रित कर रही है बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कई स्थानों पर कार्यवाही भी की जा रही है लॉकडाउन के चलते राजधानी की सड़कें सूनी हैं केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडीकल पेट्रोल पम्प और दूध की दुकानें खुली आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये प्रतिदिन दो हजार सेंपल लिये जाएंगे शहर के जिन इलाकों में संक्रमण अधिक पाया गया है वहां कड़ी निगरानी की जाएगी सीएम कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सतत योगदान दे रहे कोरोना योद्वाओं के समर्पण और सेवाभाव की सराहना की है कोरोना संकमण के बाद कल से राजधानी के चिरायु अस्पताल में इलाज करा रहे श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि कोरोना योद्वाओं का समर्पण अभिनंदनीय है निःस्वार्थ भाव से अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमितों की सेवा करने वाले प्रदेश के सभी कोरोना योद्वाओं को में प्रणाम करता हूं कोरोना से डरने के बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें इसका मुकाबला करना चाहिये उन्होंने लिखा कि दो गज की दूरी रखना हाथ धोते रहना और मास्क लगाना कोरोना से बचने के लिये बड़े अस्त्र हैं मेंरी सभी प्रदेशवासियों से अपिल है कि अपने लिये और अपनों के लिये इन अस्त्रों का उपयोग जरूर करें

जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार चार हो गई है

परीक्षा परिणाम को माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट के साथ ही मोबाइल एप पर भी देखा जा सकेगा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

जिला प्रशासन ने नागरिकों से घर में ही रहने का आग्रह किया है

पुलिस सूत्रों के अनुसार मौत का कारण फूड पाइजनिंग बताया जा रहा है